प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये नामांकन की प्रक्रिया जारी कल सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी संसदीय सीट से जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सर्वराज सिंह ने आंवला संसदीय सीट से भरा नामांकन पत्र लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना आज होगी जारी नौ अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन इसरो ने भारत के एमीसेट रक्षा उपग्रह तथा अन्य अट्ठाईस विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभायें कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल महाराष्ट्र में वर्षा आन्ध्रप्रदेश में राजामुंदरी हैदराबाद और तेलंगाना में चुनाव सभाओं को सम्बोधित किया श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने विशेषकर शिक्षा और बढ़ती कीमतों के लिए मध्यम वर्ग को राहत देने के वास्ते कई उपाय किए हैं सिकन्दराबाद हैदराबाद की इस धरती से मैं मिडल क्लॉस के उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया मिडल क्लॉस के लिए पढ़ाई कमाई दवाई और महंगाई हर मोर्च पर सरकार ने राहत देने का प्रयास किया है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्षो में करों में कोई वृद्वि नहीं और विकास की गति धीमी नहीं हुई उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की कमी की शिकायत की थी ईमानदार करदातओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं को उन्हीं की वजह से लागू किया जा सका सभी करदाताओं के सहयोग के कारण ही राजामुन्दरी में आन्ध्रप्रदेश में कृषि शिक्षा कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्टक्वर को मजबूत करने के लिए हमने कदम उठाये है काकीनाडा में स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजैक्ट ग्रीनफील्ड पेट्रो कैमिकल कॉम्लेक्स ऐसे अनेक काम ईमानदार करदाताओं के सहयोग से ही संभव हो पा रहे हैं कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पार्टी ने शांतिमय हिन्दू समुदाय को आतंकवादियों की संज्ञा दी उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी की महा मिलावट सबूत मांग कर देश के वीर जवानों और उनके बलिदानों का अपमान कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में उनके गठबंधन में सिंचाई परियोजना के नाम पर किसानों को लूटा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो के दौरान एनडीए सरकार ने लोगों को जो फायदे पहुंचाये हैं उसे विपक्षी दल रोक देंगे हैदराबाद के एल बी स्टेडियम में रैली में उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को चुना गया तो वह पांच लाख रूपये तक शून्य कर जैसे सभी लाभ समाप्त कर देगा भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में कल पिथौरागढ़ गोपेश्वर कोटद्वार और झबरेरा में चार चुनाव रैलियों को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देने की अपनी प्रतिबद्वता को पूरा किया और इस पर्वतीय राज्य में समुचित विकास भी किया उन्होंने गरीबी हटाये जाने के नाम पर कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का अरोप लगाया ओडिशा में बरहामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में बीजू जनता दल के शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तेलगांना में तीन जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के साथ उनकी पार्टी की लड़ाई पैचारिक है उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनकी पार्टी देश के समृद्व विकास के लिए कार्य करेगी

बीमारी हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाए और ये दूसरा हिन्दुस्तान देखता ही रह जाएं श्री गांधी ने आरोप लगाया कि टीआरएस और भाजपा मिलीभगत है कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि टीआरएस ने जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट से पांचवीं बार अपना नामांकन दाखिल किया हैं इससे पूर्व वह चार बार यहां से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं

रूचि वीरा बिजनौर से विधायक रह चुकी है सपा के वरिष्ठ नेता शफीकुर्रहमान बर्क ने सपा बसपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर संमल सीट से अपना नामांकन दाखिल किया वहीं इसी सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कर्ण सिंह ने भी समर्थकों के साथ अपना पर्चा दाखिल किया बरेली संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नितिन मोहन ने भी कल अपना नामांकन कराया लोकसभा चुनाव में चौथी चरण की तेरह सीटो के लिए अधिसूचना आज जारी होगी अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी नौ अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे दस अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और बारह अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं इस चरण हेतु मतदान उन्तीस अप्रैल को होगा चौथे चरण में तेरह लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कल सवेरे नौ बजकर सत्ताईस मिनट पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से पी एस एल वी सी फोर्टीफाइव रॉकेट को सफलतापूर्वक छोड़ा इस रॉकेट ने सत्रह मिनट के अंदर एमीसैट उपग्रह को सात सौ चौवन किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया इस उपग्रह के अधिकांश उपकरण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किये हैं यह उपग्रह देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का कार्य करेगा प्रक्षेपण के लगभग डेढ़ घंटे बाद इस रॉकेट ने अव्राईस छोटे विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया इनमें से चौबीस अमरीका के दो लिथ्रआनिया के और एक एक उपग्रह स्पेन और स्विटजरलैंड के हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् ने पीएसएलवी सी फोर्टीफाइव के सफल प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बघाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हासिल की गई सफलताओं से समूचे देश का आत्म विश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है हमारे वैज्ञानिकों के प्रति आदर भाव बढ़े इसे ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब जब इस प्रकार की सेटेलाइट लांच होंगे तो सामान्य नागरिकों के वहां बैठने की व्यवस्था की जाएगी और हमारे वैज्ञानिकों की और देश की इस महान सिद्धि को वे भी अपनी आंखों से देखपाएं आज उसकी भी शुरूआत हई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर सिवन ने कल के सफल फ्रक्षेपण के लिए संगठन के वैज्ञानिकों और सहयोगी उधोगों को बधाई दी है निर्वाचन आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने कल लखनऊ में एक हजार नबे चौराहे से मतदाता एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया यह बसें विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच कर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करेगी बहजन समाज पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये कल अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है पार्टी ने शाहजहांपुर सुरक्षित सीट से अमर चन्द्र जौहर मिश्रिख सुरक्षित सीट से नीलू सत्यार्थी फर्रुखाबाद से मनोज अग्रवाल अकबरपुर से निशा सचान जालौन सुरक्षित सीट से पंकज सिंह और हमीरपुर लोकसभा सीट से दिलीप कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है पार्टी लोकसभा चुनाव के लिये अब तक सत्रह उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा छह महीने बढ़ाकर इस वर्ष तीस सितंबर कर दी है पहले यह समय सीमा इक्कतीस मार्च तक थी केंद्रीय प्रत्यव्न कर बोर्ड सी बी डी टी ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला मीडिया की उन खबरों को ध्यान में रखते हए किया गया है कि इक्कतीस मार्च तक आधार संख्या से लिंक न होने की स्थिति में पैन अवैध हो जाएंगे सी बी डी टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे लिंक करना अनिवार्य है

इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है मजदूरी की नई दरें नये वित्त वर्ष की शुरूआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं